संसद का शीतकालीन सत्र शुरू

भोजपूर रोहतास मुजफ्फरपूर और वैशाली जिले में आज अपराधियों ने दिन दहाड़े अलग अलग घटनाओं में पैंतालीस लाख रूपये से अधिक लूट लिये भोजपुर के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि आरा शहर स्थित नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के काउंटर से अपराधियों ने तीस लाख छब्बीस हजार रूपये लूट लिये उन्होंने बताया कि छह से सात की संख्या में आये अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया अपराधियों की पहचान कर ली गयी है और उनकी गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है वहीं रोहतास जिले में अपराधियों ने एक पॉल्ट्री फार्म के मालिक से सात लाख चौवालीस हजार रूपये लूट लिये व्यावसायी यह राशि बैंक में जमा करने के लिये जा रहा था इसी दौरान मोटरसाईकिल सवार दो अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर इस घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने व्यावसायी को मारपीट कर घायल भी कर दिया इधर वैशाली जिले के महुआ और हाजीपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने अलग अलग घटनाओं में दो लाख रूपये से अधिक की राशि लूट ली वहीं मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति से ढाई लाख रूपये लूट लिये बताया जाता है कि एक सेवानिवृत कर्मचारी बैंक से रूपये निकालकर घर जा रहा था इसी दौरान अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया शिवहर के चर्चित यूको बैंक लूटकांड मामले में गिरफ्तार तीन अभियूक्तों को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिमांड पर लिया है पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि अभियुक्तों से कड़ाई से प्रछताछ की जा रही है प्रछताछ में बैंक से बत्तीस लाख रूपये की लूट मामले में कुछ अहम खुलासे की उम्मीद है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने कटिहार में पदस्थापित पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार को सोलह लाख रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार इंजीनियर ने तेरासी करोड़ रुपये के एक प्रोजेक्ट के बदले एक ठेकेदार से तेरासी लाख रुपये की घूस की मांग की थी निगरानी जांच ब्यूरो के धावा दल ने उसे पटना के अंबेडकर पथ स्थित हरिचरण अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया संसद का शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ हो गया है यह सत्र तेरह दिसम्बर तक चलेगा इस दौरान बीस बैठकें होगी सत्र की शुरूआत में पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज अरूण जेटली राम जेठमलानी सहित हाल में दिवंगत हुए सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी इसके बाद निम्न सदन में समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुने गये सांसद प्रिंस राज समेत नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने के लिये तैयार है उन्होंने उम्मीद जतायी कि यह सत्र देश को विकास के रास्ते पर और आगे ले जायेगा राज्य सभा का ऐतिहासिक दो सौ पचासवां सत्र आज से शुरू हो गया

राज्य सभा का पहला सत्र तेरह मई उन्नीस सौ बावन को शुरू हुआ था राज्य सभा में विशेष चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन सभी सांसदों को याद किया जिन्होंने अब तक दो सौ उनचास सत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया है श्री मोदी ने कहा कि वक्त और हालात बदलते गये और सांसदों ने भी उसी के अनुरूप खुद को बदला

ये अपने आप में समय व्यतीत हुआ है ऐसा नहीं है एक विचार यात्रा भी रही है जैसा आपने कहा कि कभी एक दिन ऐसा आया था कि जाते जाते उसी के बिल्कुल अलग सा नया बिल इस प्रकार से आया समय बदलता गया परिस्थितियां बदलती गईं और इस सदन ने बदली हुई परिस्थितियों को आत्मसात करते हुए अपने को ढालने का प्रयास किया मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी चीज हैं और इसके लिए सदन के सभी सदस्य जिन्होंने तब तक काम किया बधाई के पात्र हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सभा भारत की एकता में अनेकता का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ने आज भारत के सैंतालीसवें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के कल सेवानिवृत्त हो जाने के बाद श्री बोबड़े भारत के प्रधान न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति बोबड़े का कार्यकाल तेईस अप्रैल दो हजार इक्कीस को समाप्त होगा न्यायमूर्ति बोबड़े को बारह अप्रैल दो हजार तेरह में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था वे ऐतिहासिक अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल थे गोपालगंज जिले के माधोपुर पुलिस आउट पोस्ट के सरेया नरेंद्र गांव में एक ट्रक के पलट जाने से उसकी चपेट में आकर छह बच्चियों की मौत हो गयी पूलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि मांझी बरौली पथ पर पुल के धंस जाने से यह हादसा हुआ इस घटना में पुल के नीचे बकरी चरा रही छह बच्चियों की दबकर मौत हो गयी इधर बेगूसराय के सामहो में एक उच्च विद्यालय में सीढ़ी धंस जाने से एक बच्ची की मौत हो गयी जबकि छह अन्य बच्चे घायल हो गये घायलों में दो की हालत चिंताजनक बनी हुई है पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव सात दिसम्बर को होगा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रासबिहारी सिंह ने सीनेट की बैठक में छात्र संघ चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा की चौबीस से छब्बीस नवम्बर तक नामांकन फार्म दिये जायेंगे छब्बीस से अठाईस नवम्बर तक उम्मीदवर छात्र संघ के विभिन्न पदों के लिये नामांकन भर सकेंगे तीस नवम्बर को उम्मीदवारों की सूची जारी की जायेगी जबकि एक दिसम्बर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटरमीडिएट के तीनों संकायों की परीक्षा तीन से तेरह फरवरी तक आयोजित की जायेगी जबकि मैट्रिक परीक्षा का आयोजन सत्रह से चौबीस फरवरी तक होगा

श्री किशोर ने बताया कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने और समझने के लिये पंद्रह मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा पटना सिटी के अगमकुंआ स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है जूनियर डॉक्टर अस्पताल परिसर में सुरक्षा बढ़ाने समेत दस मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव की डॉक्टरों से बातचीत का प्रयास विफल रहा है जूनियर डॉक्टरों ने अपर सचिव की बैठक का बहिष्कार कर दिया और जमकर नारेबाजी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधायक आवासन योजना के अंतर्गत विधान पार्षदों के लिये पटना के आर ब्लॉक में नवनिर्मित आवासों का लोकार्पण किया इस योजना के तहत पचपन विधान पार्षदों को विधायक कॉलोनी में आवास आवंटित कर दिये गये हैं विधान परिषद् के शेष सदस्यों को जल्द ही आवास उपलब्ध करा दिया जायेगा पटना के बिहटा एयरबेस पर भारतीय वायुसेना द्वारा तीन दिवसीय एयर शो का आयोजन किया गया इसी कड़ी में आज वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टरों ने हवा में विभिन्न आकृतियों में कलाबाजी प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया राज्यपाल फागु चौहान ने एयरबेस पर सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो का अवलोकन किया और शो में शामिल विभिन्न टीमों के स्क्वैड्रन लीडर्स को बधाई दी राज्यपाल ने कहा कि देश को वायुसेना पर गर्व है और इस शो से युवाओं को वायुसेना की सेवा में शामिल होने के लिये प्रेरणा मिलेगी शेखपुरा जिले के उप विकास आयुक्त सत्येन्द्र कुमार सिंह ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया यह रथ जिले के हरेक ग्राम पंचायत में बेटियों के उत्थान से जुड़ी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करेगा योजना और विकास मंत्री महेश्वरी हजारी ने आज समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत लगभग पचास लाख रूपये की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन किया

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू